और आयकर विभाग जल्द ही ऑनलाईन जारी करेगा पैन कार्ड

यह छापेमारी पन्द्रह बैंको से धोखाधड़ी मामलों में सीबीआई द्वारा दर्ज किये गये बयालिस प्रकरणों के बाद की गयी है प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना स्थित दो सरकारी बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालयों से क्छ दस्तावेजों को जब्त कर सीबीआई अपने साथ ले गयी है छापेमारी की निगरानी सीबीआई के दिल्ली मुख्यालय से की जा रही थी भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड़डा ने कहा है कि देश के विकास के लिए विकास में सामाजिक समरसता और सद्भाव जरूरी है

श्री नड्डा ने बैठक में विधानसभा चुनाव संगठन विस्तार और नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर भी चर्चा की उन्होंने बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की और प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की केन्द्र सरकार ने घोषणा की है कि बी श्रेणी के राब से अतिरिक्त एथेनॉल बनाने के लिए अलग से पर्यावरणीय मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी इस महत्वपूर्ण निर्णय से किसानों और चीनी उद्योग को फायदा होगा पर्यावरण वन और जलवायू परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इससे प्रदूषण भी नहीं बढ़ेगा सरकार की विभिन्न पहल से चीनी मिलें दोयम दर्जे के शीरे और अन्य सह उत्पादों से एथेनॉल बना सकेंगी

केन्द्र सरकार प्याज का आयात सुगम बनाने के लिए सुविधा प्रदाता के रूप में काम करेगी ताकि इसकी प्रक्रिया आसान बनाई जा सके और अन्य देशों से प्याज की सामान्य आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके प्याज की कीमतों और इसकी उपलब्धता की समीक्षा के लिए आयोजित अंतर मंत्रालय समिति की बैठक में यह फैसला किया गया बैठक की अध्यक्षता उपभोक्ता मामलों के सचिव अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने की बैठक में बताया गया कि प्याज की आपूर्ति मुख्य रूप से बारिश और दो चक्रवाती तूफान आने की वजह से बाधित हुई लेकिन आगामी कुछ दिनों में इसके सुधरने की उम्मीद है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत केन्द्र सरकार ने राज्य में पन्द्रह हजार उनचास आवासों के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी है यह मंजूरी केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की केन्द्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक में दी गयी प्राप्त जानकारी के अनुसार नये भवनों के निर्माण के लिए नगर विकास और आवास विभाग की ओर से नगर निकायों के माध्यम से निबंधित लाभुकों को तीन किस्तों में एक लाख बीस हजार रूपये की राशि दी जायेगी ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण के लिए बारह सौ करोड़ रूपये जारी किये गये हैं उन्होंने कहा कि जारी की गयी राशि को जिलों में भेज कर निबंधित और स्वीकृत लाभुकों को उपलब्ध करा दिया जायेगा पटना उच्च न्यायालय में आज राजधानी के राजेन्द्र नगर सहित कई इलाकों में भीषण जल जमाव मामले की सुनवाई होगी न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ इस संबंध में दायर कई याचिकाओं की सुनवाई करेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समस्तीपुर के सरायरंजन में मेडिकल कॉलेज का आज शिलान्यास करेंगे इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री और उजियारपुर सांसद नित्यानंद राय उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे आयकर विभाग अपनी सेवाओं के डिजीटिलाईजेशन की प्रक्रिया के तहत जल्द ही पैन कार्ड भी ऑनलाईन जारी करेगा इसके लिए आयकर विभाग आधार के डाटा बेस का इस्तेमाल करेगा प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑनलाईन ई पैन जारी करने की सुविधा मुफ्त होगी पायलट प्रोजेक्ट के तहत आठ दिनों में लगभग बासठ हजार ई पैन कार्ड जारी किये जा चुके हैं राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने कहा है कि पैक्स चूनाव के लिए मतदाता सूची में नाम नामांकन के दस दिन पहले तक जोड़ा जा सकता है प्राधिकार ने इसके लिए शर्त रखी है कि नाम जुड़वाने का इच्छुक व्यक्ति तय अंतिम तिथि से पहले पैक्स का सदस्य बन चुका हो गौरतलब है कि राज्य में पांच चरणों में होने वाले पैक्स चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है पूर्व मध्य रेल प्रशासन ने सोलह दिसम्बर से इकतीस जनवरी तक दानापुर मंडल से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है मंडल के अधिकारियों के अनुसार जाड़े के मौसम में कुहासा के कारण ट्रेनों के परिचालन में संभावित कठिनाईयों के मद्देनजर दो जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों को पूर्णतः रद्द जबकि सम्पूर्ण क्रांति सहित बारह जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों को सप्ताह में एक दिन रद्द किया गया है पटना स्थित आईजीआईएमएस में दो सौ बेड का कार्डियक अस्पताल बनेगा इस संबंध में एक प्रस्ताव को आईजीआईएमएस के शासी निकाय ने मंजूरी प्रदान कर दी है इस प्रस्ताव को स्वास्थ्य विभाग को भेजा गया है परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर पन्द्रह साल पूराने व्यावसायिक और सरकारी वाहनों के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है यह कदम प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया हे विभाग के सचिव ने कहा कि सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव सचिव प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को पत्र भेज कर इस संबंध में कार्रवाई करने को कहा गया है विजय मर्चेट अन्डर सिक्सटीन क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत बिहार का महत्वपूर्ण मुकाबला झारखंड के खिलाफ आज से पटना के ऊर्जा स्टेडियम में शुरू हो रहा है बिहार ने अब तक खेले चार मैचों में से दो मैचों में त्रिपुरा और असम के विरूद्ध जीत दर्ज की है जबकि पश्चिम बंगाल के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा बिहार म्यूजियम के निदेशक मोहम्मद युसूफ ने इस्तीफा दे दिया है कला संस्कृति विभाग के अपर सचिव दीपक आनंद ने बताया कि शासी निकाय ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है गया के नगर पुलिस अधीक्षक मंजीत श्योराण ने कहा है कि एक महिला नक्सली रीता बैगा उर्फ प्रजा कुमारी ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है बेगूसराय जिले में बछवारा थाना क्षेत्र के चमथा गोप टोल में भूमि विवाद में महिला समेत तीन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई नवादा जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या के प्रयास मामले में पिता को तीन साल और उसके पुत्र को सात साल कारावास की सजा सुनाई अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने बढ़ते प्रदूषण से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये शीर्षक दिया है चिंताजनक पटना दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषित शहर दैनिक भास्कर ने जेपी नड्डा के बयान को शीर्षक दिया है शानदार काम कर रही नीतीश सरकार हमारी टॉप प्रायोरिटी में बिहार प्रभात खबर की सुर्खी है वकीलों के विरूद्व दिल्ली पुलिस का धरना ग्यारह घंटे बाद हुआ खत्म दैनिक जागरण ने लिखा है इंसाफ मांगने के लिए परिवार वालों संग सड़क पर उतरी दिल्ली पुलिस

और आयकर विभाग जल्द ही ऑनलाईन जारी करेगा पैन कार्ड